मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपील की वह रोजमर्रा के कार्यो के दौरान ख्द की क्षमता को पहचानें और उसे इस तरह से विकसित करें कि वह रोजगार का माध्यम बने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई में मरने वालों के बारे में सवाल उठाए जाने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की है मक्य प्रदेश के धार में श्री मोदी ने कहा कि देश से प्रेम करने वाले एकजुट हो रहे हैं लेकिन उन्हें पसंद नहीं करने वाले लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और हमारे वीर जवानों की क्षमतापर संदेह जता रहे हैं कड़े से कड़ा औरबड़े से बड़ा फैसला तब आता है और फैसला लेने का हाँसला भी तब आता है जब राष्ट्रहितसर्वोपरि हो सिर्फ अपना परिवार का हित नहींकि सरकार के लिये व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कथित सम्थकों की भी निन्दा की आतंकवाद के खिलाफ पहले क्छ नहीं करने वाली कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में अब कांग्रेस से क्या अपेक्षा की जा सकती है पहले आतंकियों कोमुंहतोड़ जवाब नहीं मिल पाया और आज एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल चलरहे हैं लेकिन जब इनकी सरकार थी तब क्याहोता था आज जिस तरह हम आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक करते हैं आतंकियों के स्लीपरसेल पर स्ट्राइक करते हैं लेकिन ये हर आतंकी हमले के बाद चुप बैठ जाते थे

इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के साठ वर्ष से अधिक आयु के दस करोड़ कर्मियों को प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा इस योजना से आपही आपके सहायक बन गये हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर के आपकेसाथ खड़ी है

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रमयोगीमानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन कार्ड भी वितरित किए श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों और श्रमिकों को सशक्त बनाने के प्रति वचनबद्व है जबकि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा इस सरकार को हटाने का है प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिये गये केन्द्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कल बागपत में पांच श्रमिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जिले में चालीस हजार से ज्यादा मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा फ़िरोज़ाबाद में प्रदेश सरकार के मंत्री एसपी सिंह बयेल ने दो सौ सोलह श्रमिकों को योजना के कार्ड वितरित किये जिनमें अधिकतर महिला श्रमिक शामिल हैं अयोध्या में जिनकी मेहनत देश का आधार उनकी पेंशन का सपना साकार की थीम के साथ इस योजना की शुरूआत स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने की आगरा में भाजपा विद्यायक जगन प्रसाद गर्ग और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सौ पात्रों को कार्ड प्रदान किये बलरामपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद दद्दन मिश्रा ने श्रमिकों को इस योजना के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराया इसके अलावा गोरखपुर मऊ पीलीभीत रामपुर और बरेली में भी श्रमिकों को योजना के कार्ड वितरित किये गये सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्द्वन राठौड ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने का आहवान किया है आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री राठौड़ ने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का सैनिक है और उन्हें सोशल मीडिया का बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिये क्योंकि यह सबसे तेज खबरें देने वाला मीडिया है श्री राठौर ने कहा एफएम रेडियो का अपना एक अलग एक खासियत होती है

अगर आप ध्याडन दें तो खबरे भी आजकल लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मेरे आसपास के क्षेत्र की खबर क्या है उसके बाद राष्ट्रल की जानना चाहते हैं कि और उसके बाद देश विदेश की खबरें जानना चाहते हैं तो एफएम स्टेयशन ने अब लोकल एरिया को जो इंपोटेंस दी हैं वो आज तक किसी और रेडियो स्टेकशन में नहीं हो पाई और इसी कारण से एफएम बहुत पॉप्लर हो गया है एक प्रश्न के उत्तर में श्री राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी जब तक वह आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर जिले के बांसगांव में एक सौ अट्ठाईस करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की उन्होने तैंतीस परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया इसमें पचास बेड का संयुक्त चिकित्सालय भी शामिल है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर को पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है इस अवसर पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया मुख्यमंत्री श्री योगी युवाओं से अपील की है कि वह रोजमर्रा के कार्यो के दौरान खद की क्षमता को पहचाने और उसे इस तरह से विकसित करें कि वह रोजगार का माध्यम बन जाए केन्द्र सरकार की कौशल विकास योजना उनकी क्षमता को विकसित करने के लिये तत्पर है मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में एक कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान भी मौजूद रहे प्रयागराज कुंभ दो हजार उन्नीस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम संपन्न हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इसका औपचारिक समापन किया महाशिवरात्रि के अवसर पर एक करोड़ से अधिक श्रद्वाल्ऑने पवित्र संगम में ड्बकी लगाई थी अर्घ कुम भव्यकुम नहान के मशहूर हुए कुम मेले का समापन भी भव्य अंदाज में हुआ और विभिन्न कलाकारोंने देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेरा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले के आयोजन से जूडे अधिकारियों पुलिस कर्मियोंऔर सफाई कर्मियों को पुरस्कार बांटे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार कुंग मेला क्षेत्र प्रयागराज राष्ट्रीय लोक दल आर एल डी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो गया है लखनऊ में कल संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के अखिलेश यादव और आर एल डी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने इसकी घोषणा की गठबंधन ने राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तीन सीटें दी हैं राष्ट्रीय लोकदल बागपत मथुरा और मुज़फ़रनगर सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम शुरू किया है बच्चों को अंतरिक्ष की गतिविधियों के बारे में रुचि पैदा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के बारे में उन्हे बुनियादी बातों से अवगत करायेंगे गर्मी की छुट्टियों के दौरान कैच देम यंग छात्रावास प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रीब दो हफ्ते का होगा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित राज्यों के शासकों से आग्रह किया गया है कि वह अपने अपने राज्यों से तीन मेवावी छात्रों के नाम की सिफ़ारिश करें नाम चयन के दौरान ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर के महुवरियां में अस्थाई तौर पर नये केन्द्रीय विद्यालय का शुभारम्भ किया इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि विद्यालय ज़िले के मेधावी छात्रों के लिये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा